पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रंगों का पर्व होली सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इंदौर में आबो हवा को बेहतर बनाने के लिए विकसित किये जायेंगे ऑक्सीजन उद्यान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के बीच बीती रात भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई गई

ताकि मंत्रिपरिषद का पूर्नगठन किया जा सके मुख्यमंत्री ने सभी का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है

ये सभी विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं बताया जा रहा है कि इन सभी को फिलहाल बैंगलुरु में रखा गया है इन विधायकों में कई मंत्री शामिल हैं खबर है कि ये अपने नेता को उचित सम्मान न दिए जाने से नाराज हैं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक श्री सिंधिया को मनाने की कोशिशें जारी हैं

चार निर्दलीय बहुजन समाज पार्टी के दो और समाजवादी पार्टी का एक विधायक कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के एक एक विधायक का निधन हो जाने के कारण विधानसभा की दो सीटें खाली हैं प्रदेश में मौजूदा संकट की शुरुआत हफ्ते भर पहले हुई थी जब कांग्रेस के दस विधायक एकाएक बैंगलुरु चले गये थे हालांकि इनमें से आठ विधायक वापस आ गये हैं

कोरोना संयुक्त राष्ट्र के अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि द्नियाभर में चल रहे जानलेवा कोरोना वायरस के कारण इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था को दस से बीस खरब डॉलर के नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इन अर्थशास्त्रियों ने दुनियाभर की सरकारों से कहा है कि कोरोना वायरस के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और खर्च करें

कोरोना वायरस से अब तक एक लाख दस हजार से अधिक लोग संक्रमित हैं और द्नियाभर में तीन हजार आठ सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह महामारी वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर को ढाई प्रतिशत से नीचे ले आएगी

इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

राज्यपाल मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने जनता को होली की बधाई दी है वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी इस अवसर पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं बीती रात प्रदेश में भी श्भमुहर्त में होलिका दहन की गई खास बात यह रही कि इस बार ज्यादातर जगहों पर होलिका दहन में लकड़ी के बजाय गौकाष्ठ और कंडों का इस्तेमाल किया गया होलिका दहन के साथ ही रंगों का पर्व होली शुरू हो गया जो पांच दिनों तक चलेगा उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाबा महाकाल मंदिर में सबसे पहले होलिका दहन हुआ इसके बाद मंदिर परिसर में भक्तों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की श्भकामनाएं दीं आज सुबह यहां विशेष भस्म आरती भी हई उधर इंदौर में होलकर वंश की परम्परा अनुसार राजबाड़ा पर विधि विधान से होलिका का दहन किया गया विदिशा में जिला प्रशासन ने शांति और सदभाव के साथ होली मनाने के व्यापक प्रबंध किये हैं उधर सतना कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए सूखे रंगों से होली मनाने की अपील की है शाजापुर जिले में होली दहन के बाद आज सुबह से ही लोग रंग खेलने लगे हैं छिंदवाड़ा जिले में भी विभिन्न रीति रिवाजों और परम्पराओं के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है अशोकनगर धार मंडला उमरिया में आज ध्रुलेड़ी खेली जायेगी इस दौरान यहां चल समारोह और गेर निकाली जायेगी शिवपुरी होशंगाबाद आगर मालवा रतलाम खंडवा मंदसौर सिवनी नरसिंहपुर भिण्ड और मुरैना सहित सभी जिलों में होली का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है अपील होली पुलिस महानिदेशक राजेन्द्र कुमार ने लोगों से शांति सदभाव और आपसी भाई चारे के साथ होली पर्व मनाने की अपील की है वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए श्री कुमार कल सभी जिलों के आईजी एसपी के साथ होली के त्यौहार पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को हर हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से लें उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्रोन का उपयोग करने पर जोर दिया

इंदौर में समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर लोकेष जाटव ने बताया कि इसके लिए षहर की ऐसी सरकारी जमीन जो निजी जमीन से धिरी हो सरकारी छात्रावासों के मैदान खाली पड़ी षासकीय भूमि और नगर निगम के डिवाइडरों पर सघन पौधरोपण किया जाएगा

इन उद्यानों को लंग्स ऑफ द सिटी की उपमा दी जाएगी मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में मौसम का रुख एक बार फिर बदल गया है ठंडी हवाएं चलने के बाद आज तड़के भोपाल में हल्की बारिश होने से ठंड का अहसास हो रहा है उधर इंदौर में भी कल दिन भर ठण्डी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई वहीं देर रात कुछ स्थानों पर हल्की बूंदा बांदी हई सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज तड़के रुक रुककर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोम के चलते बन रहे चक्रवात के कारण आज कहीं कहीं ओले भी गिरने की संभावना व्यक्त की है विभाग के अनुसार ग्वालियर चंबल रीवा सागर और जबलपुर संभाग में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है ओलंपिक कोटा छह बार की विश्व चैम्पियन एम सी मैरीकॉम और विश्व के नंबर एक अमित पंघाल सहित तीन भारतीय मुक्केबाजों ने ओलिंपिक खेलों में जगह पक्की कर ली है मैरीकॉम और पंघाल कल जॉर्डन के अम्मान में एशियाई क्वालीफायर के सेमीफाइनल में पहुंच गये वहीं मनीष कौशिक क्वार्टर फाइनल हारने के बावजूद तोक्यो ओलिंपिक की दौड में बने हए हैं